खाद्यान्नों की पैकिंग अब जूट के बैगों में ही होगी

श्री जेटली ने कहा कि इस निर्णय से जूट उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा और कच्चे जूट की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ेगी

प्रस्कार ग्रहण करने के बाद श्री सिंह ने कहा कि ये अवार्ड उत्तर प्रदेश की तेईस करोड़ जनता के विश्वास का है प्रदेश सरकार ने रविवार और अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में भी सभी धान खरीद केन्द्र खोलने के निर्देश दिये हैं

उन्होंने बताया कि लक्ष्य के मुकाबल कम धान खरीद को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को रविवार और अन्य सरकारी छुटि्टयों के दिनों में भी खरीद केन्द्रों को खूलवाने के निर्देश दिये गये हैं उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा धान की सरकारी खरीद की रफतार बढ़ाने के साथ ही किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने की है

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस बार की मन की बात विशेष है क्योंकि यह कार्यक्रम की पचासवीं कड़ी होगी उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव पर गौर करना उनके लिए सुखद होगा

इस अवसर पर लखनऊ में पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के प्रांगण में पुलिस झंडा दिवस मनाया गया

इस मौके पर बैन्ड द्वारा भारत के जवान धून बजायी गयी

कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्र ने पुलिस लाइन में झंडारोहण कर सलामी दी इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को सम्बोधित करते हुए उन्हें कमजोर और पीड़ितों की रक्षा करने एवं उन्हें न्याय दिलाकर उनकी मदद करने के लिए प्रेरित किया

श्रद्धालू स्नान के बाद ईश्वर के नाम पर यज्ञ दान कर रहे हैं

अयोध्या में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रमुख सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्रीराम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन किये और विवरण हमारे प्रतिनिधि से आज अयोध्या के कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने पावन सरयू में डुबकी लगाकर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किये और नागेश्वरनाथ कनक भवन हनुमानगढ़ी रामजन्मभूमि श्रीराम बल्लभ कुंज सहित प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना की जहां प्रथम प्रहर में भीड़ के दवाब के चलते दर्शनार्थियों को जत्थे जत्थे मे छोड़ा गया अयोध्या में हर ओर धार्मिक जयघोष हवन पूजन और प्रवचन के कार्यक्रम से समूचना वातावरण धार्मिक बना रहा इस बीच माह भर से ठहरे कल प्रवासियों का वापस जाना भी शुरू हो गया भगवान विष्णु ने शंखासुर के वध के बाद वेदों का पुनर्गठन आज ही के दिन करया था जिसकी प्रसन्नतावश आज परम्परागत ढंग से सभी मंदिरों में देव दीपावली भी मनाई जा रही है और दिन ढलते ही सरयू मॉ के फूल बंगले की झांकी सजाकर महाआरती की गयी जहां दीपदान से समूचा सरयू तट आलोकित हो उठा राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या पौराणिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में इस अवसर पर गंगा के सभी घाटों पर आज सुबह से ही स्नान के लिए देश के विभिन्न स्थानों से आये श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली लोगों ने स्नान के बाद मन्दिरों में पूजा अर्चना और दान पुण्य किया दशाश्वमेघ घाट में देव दीपावली कार्यकम आयोजित किया जा रहा है जिसमें राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदश भाजपा अध्यक्ष महेन्द्र नाथ पाण्डेय केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद है कुशीनगर में बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण मन्दिर में विशेष पूजा अर्चना की कार्तिक पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है कशीनगर की पौराणिक बांसी एवं नारायणी नदी में प्रदश के अलावा बिहार और नेपाल से भी भारी संख्या में आये श्रद्वालुओं ने स्नान कर दान पुण्य किया

बरेली में कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र रामगंगा नदी में डुबकी लगाकर भक्तों ने अपने परिवार की खुशहाली के लिए मां गंगा से अशीर्वाद लिया

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान ने ज़िले की रामगंगा नदी में स्नान करने के बाद लोगों कार्तिक पूर्णिमा की श्भकामनाएं दी शाहजहांपूर में केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्णा राज ने ढ़ाईघाट गंगा तट पर कार्तिक मेले का शुभारम्भ किया राज्यपाल राम नाईक और मुख्यामंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में इस अवसर का विशेष महत्व है देश भर में गुरूनानक जयती आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है यह पर्व सिख धर्म क संस्थापक गुरूनानक देवजी के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस जयंती को गुरू पर्व और प्रकाश पर्व भी कहा जाता है इस अवसर पर गुरूद्वारों में सबद कीर्तन और गुरूवाणी के पाठ आयोजित किये जा रहे हैं

प्रार्थना सभा के बाद मुख्यमंत्री ने सिख समुदाय के लोगों को गुरूनानक जयंती की बधाई देते हुए कहा कि गुरूनानक देव ने मानवता के कल्याण के लिए अवतार लिया था